प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि गरीबों और वंचितों का कल्याण और उनका समुचित विकास करना केन्द्र सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इस दिशा में दश में अनेक महत्वाकांक्षी योजनायें संचालित की जा रही है श्री मोदी आज अपने दो दिवसीय लखनऊ दौरे के पहले दिन सरकार की तीन महत्वाकाक्षी योजनाओं अमृत योजना स्मार्ट सिटीज मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरो के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को बेहतर सुविधाएं देकर उनके जीवन को आसान बनाना है

शहर की गतिविधियों को नजर रखी जानी है

ये प्रयास परिणाम भी देने लगे है इस अवसर पर विचार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की संकल्पना पर आधारित इन तीनों प्रमुख योजनाओं के माध्यम से शहरों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है और इससे नगरीय क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो रहे हैं

उन्हें इन सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सकता है इससे पहले श्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ हासिल करने वाली पैंतीस महिला लाभार्थियों से सीधे संवाद किया यह लाभार्थी देश के अलग अलग राज्यों से आयी थीं श्री मोदी ने शहरी विकास फ्लैगशिप मिशन पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया कार्यक्रम को केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने भी संबोधित किया

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्ग दर्शन में बने वायरल हेपेटाइटिस रोकथाम कार्यक्रम से व्यापक बदलाव लाया जा सकेगा उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार राज्यों और सभी पक्षों की सक्रिय भागीदारी से इस कार्यक्रम को लागू करेगी विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस रोकथाम कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और चिकित्सा केन्द्रों में हेपेटाइटिस की जांच के लिए प्रयोगशालाएं बनाइ जायेंगी हम गौरव के साथ कह सकते है कि हेपेटाइटिस वायरल का प्रोग्राम आज लांच करने के बाद इसका भी निदान भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने निकाला है और जो प्रधानमंत्री जी का सपना था कि वह प्रीवेंटिबल डिसीज को रोकना है उसमें एक और कड़ी जुड़ जाती है और वह आज का दिन है

प्रधानमंत्री कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात में देश और विदेशों में रह रहे लोगों से अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क से मन की बात का प्रसारण किया जाएगा

पुलिस ने वाराणसी पुल हादसे क सिलसिले में सात इंजीनियरों और एक ठेकेदार सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया है पिछले मई माह में शहर के कैंट रेलवे स्टेशन के पास बने पुल के गिरने से पन्द्रह लोगों की मौत हो गई थी राज्य के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने आज लखनऊ में बताया कि रूड़की स्थित सेन्ट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों की मदद से एकत्र किये गये तकनीकी सबूतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है उन्होंने कहा कि जांच में पाया गया है कि पुल निर्माण में कई स्तरों पर ख़ामियां थी इस मामले में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी पुल गिरने के कारणों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई थी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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर राहत और बचाव कामों में तेजी लाने का निर्देश दिया है श्री योगी ने कहा है कि जर्जर भवनों को चिन्हित कर खाली कराया जाये ताकि भारी वर्षा से होने वाली दूर्घटनाओं में जानमाल के न्कसान को रोका जा सके मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक और चिकित्सीय सहायता प्रदान करने के लिये समुचित व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया हैं श्री योगी ने आंधी तूफान आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की वजह से मौत का शिकार हुए लोगों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराने का निर्देश भी दिया है सहारनपुर और मेरठ में वर्षाजनित हादसों में सोलह लोगों की मौत हो गई लगातार बारिश से खासतौर पर राज्य के पश्चिमी जिलों में सामान्य जनजीवन पर खासा असर पड़ा है बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों को बंद कर दिया गया है उधर नेपाल में हो रही भारी वर्षा और बाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से कुशीनगर ज़िले में ब्रुढ़ी गंडक नदी उफान पर है जिससे अमवा और एपी तटबंध पर दबाव बढ़ गया है इस दबाव से आसपास के दर्जनों गांवों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है स्थानीय सांसद कलराज मिश्र ने आज अमवा खास बंधे का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से हर हाल में तटबंध को बचाने का निर्देश दिया इस बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भारी वर्षा की संभावना है

समाजवादी पार्टी ने न चुनाव आयोग से आगामी लोकसभा चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग की है सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लखनऊ में हुई बैठक के बाद पार्टी महासचिव प्रोफसर राम गोपाल यादव ने प्रेस काफ्रेंस में कहा कि अगले साल होने वाले आम चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से कराये जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है उन्होंने कहा कि अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर वह आयोग से इस मांग को मानने का आग्रह करेंगे समाजवादी पार्टी द्वारा ईवीएम के स्थान पर मतपत्र द्वारा आम चूनाव कराने की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि सपा की यह मांग उसकी हताशा का सबूत है

समाप्त